कहा हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी आजादी

मुख्यमंत्री मिलेंगे शहीद के परिजनों से

रीवा जबलपुर शहडोल में ओले गिरने के आसार प्रधानमंत्री पुलवामा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर कल हुए हमले जैसी हरकतों से भारत कभी कमजोर नहीं होगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों को कोई भी कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है और ऐसी धिनौनी आतंकी हरकत के लिए निश्चित तौर पर सजा दी जाएगी श्री मोदी ने यह बात आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली सेमी हाई स्पीड श्रेणी की तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करते समय कही प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व समुदाय में पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका भारत का पड़ोसी अगर सोचता है कि वह ऐसी साजिशों से भारत को अस्थिर कर सकता है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है श्री मोदी ने यह भी कहा कि ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा श्री मोदी ने आतंक के मुद्दे पर भारत का साथ देने वाले दुनिया के तमाम देशों के प्रति आभार व्यक्त किया और जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुनिया से आतंकवाद का नामोनिशान मिटाने के लिए सबको एकजुट हो जाना चाहिए उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आपसी छींटाकशी को छोड़ दें क्योंकि देश की सुरक्षा बड़ा ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि भारत इस जघन्य आतंकी हरकत के खिलाफ एकजुट है उन्होंने पुलवामा हमले में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि दी पुलवामा शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जबलपुर जिले के जवान अश्विनी काछी भी शहीद हुए हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहीद अश्विनी काछी की शहादत को नमन करते हुये कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद परिवार के साथ है उन्होंने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार को एक करोड़ रूपये एक आवास और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की कमलनाथ शहीद वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ शहीद हुए जबलपुर के जवान अश्विनी कुमार काछी के घर जाकर शहीद के परिवार से मुलाकात करेंगे शहीद का पार्थिव शरीर कल उनके गृह ग्राम खुड़ावल पहुंचेगा राजनाथ सिंह श्रीनगर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले के मद्देनजर आज कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की

श्री सिंह श्रीनगर के सैनिक अस्पताल भी गये और घायल जवानों का हाल चाल पूछा

भोपाल के शौर्य स्मारक में वुमेन्स प्रेस क्लब ने शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की उमरिया में भी लोगों नाराजगी जताते हये रैली निकाल कर शहीदों को याद किया सीहोर में लोगों कैंडल मार्च निकाल कर रोष व्यक्त किया खंडवा में लोगों ने शहीद जवानों श्रद्धांजलि देते हुये केन्द्र सरकार से कठोर कदम उठाने की मांग की शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रद्वा सुमन अर्पित करते हुये नाराजगी व्यक्त की रायसेन में शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सागर डिंडौरी नरसिंहपुर समेत पूरे प्रदेश में पुलवामा में हुये आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है

न्यायमूर्ति ए के सीकरी न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के समान होनी चाहिए पीठ ने केन्द्र से यह भी कहा है कि इस पद पर नौकरशाहों के अलावा प्रतिष्ठित नागरिकों की नियुक्ति पर भी विचार करें

इस लोक अदालत में सभी कार्यपालक दंडाधिकारियों द्वारा अविवादित नामांतरण और बँटवारा सीमांकन शोध क्षमता प्रमाण पत्र दंड प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के साथ ही नजूल प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा राजस्व लोक अदालतों में प्रकरणों में पारित आदेशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के साथ नकल प्रदान करने की कार्यवाही भी होगी

फैसले से बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में यह नया निर्णय लिया गया है उद्योग संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सभी कलेक्टर और सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधकों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है

वहीं सागर शहडोल रीवा ग्वालियर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है रायसेन जिले के उदयपुरा में आज सुबह ओलावृष्टि हुई वहीं शिवपुरी में कल हुई बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई है यहां आज सुबह दस बजे तक कोहरा छाया रहा हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी हल्की वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया है

उसके वे यहां से उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने हेलीकाप्टर से रवाना हो गए इसके बाद वे वापस ग्वालियर आए और दिल्ली के लिए रवाना हो गये